उन्होंने कहा कि मोदी ही एक मजबूत सरकार दे सकते हैं और इस समय देश को सक्षम नेतृत्व की जरूरत है श्री जावडेकर आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजय संकल्प मोटर साइकिल रैली में बोल रहे थे

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्वन राठौड़ ने शहर के मानसरोवर क्षेत्र में निकाली गई रैली का नेत्व किया

इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन युवाओं के लिए अपनी खोज के द्वारा समस्याओं का समाधान निकालने का सबसे बेहतर माध्यम है उन्होंने कहा कि जो खोज और शोध करते हैं वही आगे जाते हैं और वे ही समद्व होते हैं

पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बढते तनाव के बीच सरकार ने वायू सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को जैड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है थन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को पहले से ही जैड प्लस सुरक्षा हासिल है गृह मंत्रालय के अनुसार इन दोनों वरिष्ठ सैनय अधिकारियों को खतरे के संबंध में हाल ही में समीक्षा करने के बाद इनकी सुरक्षा बढाने का निर्ण लिया गया है जैड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के तहत इन्हें अब केन्द्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा भी मिलेगी वित्त मंत्री अरूण जेटली ने रेडियो को प्रभावशाली संचार माध्यम बताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के जरिये देश की जनता से सीधा संवाद कायम किया है तथा श्रोताओं के मन पर गहरी छाप छोडी है श्री जेटली ने आज मन की बात कार्यक्रम पर आधारित प्रस्तक के डिजिटल संस्करण को लॉन्च करते हुए कहा कि रेडियो न केवल खबरे देता है बल्कि वह लोगों को सूचनायें तथा ज्ञान भी देता है इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ सूर्यप्रकाश ने कहा कि मन की बात डॉ अंबेडकर के सपनों को पूरा करने साधन है और यह दोतरफा संवाद है क्योंकि लोगों के सुझाव भी आमंत्रित किये जाते हैं

प्रदेश में चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढाने के उद्देश्य से मनाये जा रहे मत उत्सव में विभिन्न कार्यक्रम हुए बीकानेर में दिव्यांगो ने रैली निकालकर लोगों को मतदान करने और मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए प्रेरित किया सुबह से बूंदाबांदी के बावजूद दिव्यांगजनों में रैली के प्रति उत्साह था ट्राईसाकिल पर बैठे दिव्यांगो ने मताधिकार का प्रयोग करना है वोटर लिस्ट में नाम जुडवाना है के संदेश के साथ रैली शुरू की

झालावाड़ में मिनी सचिवालय में रैली निकाली गई भरतपुर में जागरूकता रैली में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया नागौर में जिला कलेक्टर ने दिव्यांगों की ट्राइसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया राज्य में सरकारी स्कूलों और उसके आसपास के क्षेत्र को हराभरा करने के लिए अगले माह से स्कूलों में विद्यालय वाटिका और हरित विद्यालय योजना शुरू की जाएगी इसके अंतर्गत प्रत्येक स्कूल को पौधे लगाने का लक्ष्य देने के साथ ही इनकी देखभाल और रखरखाव के लिए इन्हें विद्यार्थियों और शिक्षकों को गोद दिया जाएगा

प्रदेश में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोडने के लिये आज और कल दो दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है

अब आगामी छह माह तक भारतीय थार एक्सप्रेस पाकिस्तान जाएगी

हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन ने उर्स के दौरान आने वाले जायरीन के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है

प्रदेश में पश्चिमी विक्षाभ के कारण मौसम में आये दिलाव की वजह से मार्च में भी ठण्ड बनी हुई है जयपुर में आज सुबह बूंदाबांदी और दोपहर में हल्की बरसात हुई इसके अलावा बीकानेर और झुन्झुनूं चित्तौड़गढ सवाईमाधोपुर करौली टोंक नागौर दौसा धौलपुर सहित कई स्थानों पर हल्की बरसात और ब्रंदाबांदी के समाचार हैं